उन्होंने कहा कि इन नदियों की सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है और यह अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा श्री गड़करी आज प्रयागराज के कुंन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायके नदियों की सफाई कार्य के तीस प्रतिशत प्रोजेक्ट पूरे कर लिये गये हैं बाकी बचे हये प्रोजेक्ट को भी अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा इससे पहले श्री गड़करी ने प्रयागराज के संगम क्षेत्र के किला घाट पर इंग्लैण्ड वाटर वे डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड रिवर इंफार्मेशन सिस्टम का उद्घाटन किया केन्द्रीय मंत्री ने क्ंम क्षेत्र में लगी गंगा सफाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया

वे आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल फंड की छठवीं प्रतिकृति बैठक के इंडिया शोकेस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार पचास करोड़ भारतीयों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि यह दी गई समयसीमा की तुलना में दो हजार तीस तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को परिमाषित करेगा श्री गोयल ने कहा कि इस साल मार्च अप्रैल तक भारत के हर घर में बिजली पहच जायेगी जो रणनीतिक विकास लक्ष्य दो हजार तीस की समयसीमा से लगभग एक दशक आगे है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बहुजन समाजपार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ और नोएडा के पार्को में अपनी और पार्टी के चिन्ह हाथियों की प्रतिमाए बनाने के लिए जिस सावर्जनिक धन का इस्तेमाल किया उसे लौटाना होगा मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी

लेकिन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह स्पष्ट किया कि कोटा तय किए जाने के केन्द्र के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी

कुशीनगर में कल नौ और सहारनपुर में दस लोगों की मौत हो गई थी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अब भी कई लोग अस्पताल में मर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है इस मामले में एक थानाध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर सहित चार पुलिसकर्मियों को निलभ्वित कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक आबकारी निरीक्षक और चार सिपाहियों को भी निलम्बित कर दिया गया है क्शीनगर और सहारनपुर में अवैध शराब से हई मौतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रभावित लोगों को समुचित चिकित्सा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक से दोनों जनपदों के पुलिस अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित करने को कहा है सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को पीड़ितों की उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये तथा पीड़ितों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है

बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं ने तापमान को गिरा दिया है मुजफ्फरनगर में कल शाम के समय तेज आंघी के साथ ओले पड़े

गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में कल रात से रूक रूक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है महराजगंज जिले में आज गरज चमक के साथ हत्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है वहां कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया है कि वहां कल से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है और आज कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुयी है मौसम वैज्ञानिकों ने कल भी राज्य के कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान व्यक्त किया है